झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याषी हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मधुपुर से विधानसभा उपचुनाव पांच हजार दो सौ सैंतालीस मतों से जीता देश में एक दिन में कोरोना से तीन लाख सात हजार से अधिक लोग हुए स्वस्थ राज्य में स्वस्थ होने की दर हई चौहतर दषमलव आठ पांच प्रतिषत मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सरक्लेशन की वजह से छह मई तक राज्य में बादल छाए रहने का जताया पूर्वानुमान कई इलाके में हल्की वर्षा के आसार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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हई बैठक में देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्यता बढाने के उपायों की समीक्षा की गई इस्पात उद्योग रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल इकाइयों उद्योगों बिजली संयंत्र जैसे उद्योगों से गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन चिकित्सा के लिए करने के उपर विचार किया गया केन्द्र सरकार ने ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति बनाई जा रही है जिससे शहरों के निकट स्थित इन इकाइयों से अस्पतालों के बिस्तरों तक ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके प्रायोगिक आधार पर ऐसे पांच केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं और इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से पूर्ण की जा रही है थोड़े ही समय में ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब दस हजार बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मध्यपुर से विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के गंगा नारायण सिंह को पांच हजार दो सौ सैंतालीस वोटों से हराया राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री हसन को कुल एक लाख दस हजार आठ सौ बारह योट मिले जबकि श्री सिंह को एक लाख पांच हजार पांच सौ पैंसठ मत हासिल हए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मध्यपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने पर मंत्री हफीजुल हसन को बधाई दी हैं पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिये सत्ता में बरकरार है एनडीए को एक सौ छब्बीस सदस्यों की विधानसभा में पच्छहतर सीटें मिली हैं जिसके बाद असम में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेष करेगी भारतीय जनता पार्टी ने साठ इसकी सहयोगी असम गण परिषद ने नौ और यूपीपीएल ने छह सीटें जीती हैं मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सर्बानन्द सोनोवाल ने माजुली सीट से जीत हासिल की है मुख्यमंत्री सर्बोनन्द सोनोवाल ने कहा है कि राज्य में पार्टी की सफलता असम के लोगों की जीत है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाताओं ने पिछले पांच वर्ष में किए गए सरकार के अच्छे कामों को समर्थन दिया है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुहमंत्री अमित शाह और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों का उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नन्दी ग्राम सीट से चुनाव हार गई है

आजादी के बाद पहली बार मार्क़सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सका

पुद्दचेरी में एनडीए में एनआर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके हैं

केरल में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ लगातार द्रसरी बार सत्ता हासिल करने जा रहा है पिनराई विजयन सरकार राज्य में चार दशक में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाली पहली सरकार बन गयी है तमिलनाडु में एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके पार्टी दस साल के बाद सत्तारूढ होने जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है टवीटर पर श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र जनता की आकांक्षा पुरी करने और कोविड महामारी से उबरने में राज्य को हर संभव सहायता देगा उन्होंने भाजपा के समर्थन के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की नगण्य उपस्थिति थी जिसमें अब महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों की सेवा करना जारी रखेगी श्री मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य के साथ मिलकर काम करता रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक महामारी से उबर जाए उन्होंने इन चुनावों में भाजपा का समर्थन करने पर केरल की जनता का आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने तमिलनाडू विधानसभा चुनाव में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमकेस्टालिन को बधाई दी झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या बढ़कर अंठावन हजार पांच सौ उन्नीस पहुंच गई है जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटों में चार हजार पांच सौ इकतालीस मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं वहीं चार हजार सात सौ अडतीस नये सक्रिय मामले मिले हैं कल राज्य में एक सौ पन्द्रह संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई रांची जिले में लगभग बीस दिनों के बाद नए सक्रिय मामले मिलने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है

अब तक देश में एक करोड़ बासठ लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण स्वस्थ होने वालों की दर गिरकर इक्यासी दशलमव सात छह प्रतिशत पर आ गई है मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में चौंतीस लाख तेरह हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन लाख अड़सठ हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हई है

केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों की सेवा से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पिछले वर्ष तीस मार्च को शुरू की गई बीमा योजना की अवधि मे छ महीनें की बढ़ोत्तरी की गई हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंयोरेंस स्कीम के तहत ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में पचास लाख रूपये के बीमा का प्रावधान किया गया है बीमा की यह अवधि इस वर्ष अक्टूबर तक के लिए है इस संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजा गया है

आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जनकल्याण जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय और पृष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने अपने संदेश में सभी सरकारों से कहा है कि वे स्वतंत्र निष्पक्ष और विविध मीडिया को समर्थन देने के हर संभव प्रयास करें उन्होंने कहा कि कई देशों में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को अपना दायित्व निभाते हुए प्रतिबंधों उत्पीड़न नजरबंदी और यहां तक की मौत के खतरे का भी सामना करना पडता है आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाईट राइर्डस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू से होगा कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को सात विकेट से हरा दिया दिल्ली कैपिटल्स ने एक सौ सडसठ रन के जीत के लक्ष्य को तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया दिल्ली कैपिटलस ने टॉस जीतने के बाद पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया

मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि साइक्लोनिक सरक्लेशन की वजह से छह मई तक राज्य के ज्यादातर इलाके में बादल छाए रहेंगे इस दौरान कई इलाके में हल्की वर्षा के आसार हैं इसके कारण अगले चार पांच दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी कल कई क्षेत्रों में हुई हल्की वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है डाल्टनगंज में कल सबसे अधिक सैंतीस दषमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चाईबासा और रामगढ जिले में तेईस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया